नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने घोषित की चयन समिति छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ी भाषा में ही हुई सारी कार्यवाही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में भिलाई में आज से शुरू हुई तीन दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी विस शून्यकाल विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी भाजपा सदस्यों ने प्रदेश में धान का रकबा कम किए जाने का मामला उठाया और स्थगन प्रस्ताव देकर इस पर चर्चा की मांग की आसंदी की ओर से स्थगन प्रस्ताव अग्राहृय होने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोर शराबा शुरू कर दिया वे सभी स्थगन प्रस्ताव ग्राहृत्य करने की मांग कर रहे थे इस बीच हंगामा के कारण सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य शासन की ओर से जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि धान का रकबा कम किया जाए जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि प्रदेश में सत्ताईस लाख तेईस हजार रकबा पंजीकृत हैं इस वर्ष एक लाख बासठ हजार हेक्टेयर रकबे की बढ़ोत्तरी हुई है उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है खाद्य मंत्री ने कहा कि रकबे में कटौती के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया इसके बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की एक टिप्पणी से नाराज होकर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए इससे ये सभी सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए बाद में विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचकर नारेबाजी की नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चयन समिति की घोषणा की है भाजपा ने प्रदेश संभाग और जिला स्तर पर चयन समिति की घोषणा की है प्रदेश स्तरीय समिति में सांसद सरोज पाण्डेय रामविचार नेताम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को शामिल किया गया है वहीं कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव एआईसीसी के महासचिव मोतीलाल वोरा सहित अन्य मंत्री और विधायक शामिल किए गए हैं हाईकोर्ट सनुवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को चुनौती देने के मामले में अब अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह सहित पांच अन्य लोगों द्वारा दायर की गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान राज्य शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया वहीं याचिकाकर्ता ने अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा इसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गौरतलब है कि महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में पांच याचिकाएं दायर की गई हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है छत्तीसगढ़ी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने और उसके व्यापक प्रसार के लिए ग्यारह साल पहले छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था इस अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने आज रायपुर में मोर चिन्हारी नाम की संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा बोली और गीत में इतनी मिठास है कि यह हृदय को छू लेती है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमें हरसंभव प्रयास करना चाहिए वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जतका मान हमन ल अपन छत्तीसगढ़ महतारी उपर हे ओतके हमर मातुभासा छत्तीसगढ़ी बर घलो होना चाही इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में रायप्र स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल में छत्तीसगढ़ी भाषा में उदघोषणा की मांग की है

छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पहल करते हुए सदस्यों को छत्तीसगढ़ी में सवाल करने और मंत्रियों को जवाब देने को कहा कार्रवाई में शामिल सभी ने इसका पालन किया श्री महंत ने विधानसभा सचिव से कार्रवाई लिखने के लिए छत्तीसगढ़ी जानने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की बात भी कही इस पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में तीज त्यौहारों पर न सिर्फ अवकाश दिया जा रहा है बल्कि सरकारी तौर पर इन्हें मनाया भी जा रहा है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ी आज भी सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बन पाई है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि वे मंत्रालय में छत्तीसगढ़ी में काम करना चाहते थे अब उन्हें खूशी है कि इसे राजभाषा का दर्जा मिल गया है

उन्होंने बताया कि अब उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक हितग्राही को उचित दर पर पांच किलोग्राम प्याज दी जा रही है इसके अलावा राजधानी रायपुर में थोक व्यापारियों से तालमेल करके बीते कुछ दिनों से सात अलग अलग स्थानों पर सत्तर रूपये प्रति किलो की दर से प्याज का विक्रय किया जा रहा है राज्य शासन ने अन्य जिलों को भी ऐसे ही प्रयास करने के निर्देश दिए हैं फोटो प्रदर्शनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में भिलाई में आज से तीन दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी शुरू हुई स्वच्छता ही सेवा है और नो सिंगल यूज प्लास्टिक थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा किया जा रहा है द्र्ग के जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से वापसी भारत यात्रा और आजादी की लड़ाई के विभिन्न नायकों के साथ गांधी जी के दुर्लभ चित्रों को प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इस मौके पर स्कूली छात्रों ने रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक एसके दुबे पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े और लोक संपर्क कार्यालय के अधिकारी शैलेष फाये सहित गणमान्य नागरिक और स्कूली बच्चे उपस्थित थे सीएसआईडीसी खरीदी प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में अब छत्तीसगढ़ ई प्रोक्यूमेंट सिस्टम पोर्टल ई मानक के जरिये खरीदी की जाएगी इसके लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार अब सभी सरकारी विभाग सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दरों और दर अनुबंध के अनुसार ही ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी कर सकेंगे मेडिकल कॉलेज एनटीपीसी रायगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी सौ करोड़ रूपये का अनुदान देगा इस राशि का उपयोग मेडिकल कॉलेज का बुनियादी ढांचा उपकरणों की खरीदी और समग्र उन्नयन के लिए किया जाएगा इस संबंध में रायपुर में एनटीपीसी और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार इस साल पहली किश्त के रूप में एनटीपीसी पच्चीस करोड़ रूपये की राशि देगा फर्जी माओवादी गिरफ्तार गरियाबंद पुलिस ने फर्जी माओवादी बनकर सरपंचों से लूटपाट कर वसूली करने के आरोप में छह युवकों को गिरफ्तार किया है इनमें एक नाबालिग भी शामिल है मिली जानकारी के अनुसार इन युवकों ने फर्जी माओवादी बनकर जड़जड़ा सरपंच से करीब डेढ़ लाख रूपये की लूटपाट की है लूटपाट की घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने इन यूवकों को घेराबंदी कर जंगल से पकड़ा इनके पास से हथियार और वॉकी टॉकी भी बरामद की गई है ये सभी युवक गरियाबंद के बताए जाते हैं पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है दुर्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में एक बालक सहित छह लोगों की मौत हो गई बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को अपनी चपेट में ले लिया इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं धमतरी जिले के भेंडरवानी गांव में बीती रात ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हई आपसी भिडंत में दो युवकों की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए हैं इधर जांजगीर चांपा जिले के ड्मरपारा गांव में धान लेकर जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया इस हादसे में बारह वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में तीस नवम्बर को मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र अनुसूचित जाति तथा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों की बैठक आयोजित की गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव कल से छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार परीक्षण संस्थान कृषि विश्वविद्यालय रायपूर में कृषि प्रसार में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तीस नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं